प्रदेश में भीषण गर्मी का कहर जारी है ज्यादातर भागों में तेज गर्मी के कारण सामान्य जनजीवन पर व्यापक असर पड़ा है

मौसम विभाग ने कहा है कि आगामी तीन चार दिनों तक प्रदेश में भीषण गर्मी कॉ दौर जारी रहेगा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

केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने कहा है कि वे नये भारत के सपनों को साकार करने के लिये प्रयासरत रहेंगे उन्होने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की उम्मीदों पर खरा उतरने की बात भी कही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

रिजर्व बैंक ने एक विज्ञप्ति में बताया कि किसानो के बीच वित्तीय साक्षरता का संदेश फैलाने के लिए पोस्टरों और पचोँ का इस्तेमाल किया जाएगा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 देश में इस वर्ष मई में वस्तु और सेवाकर जीएसटी संग्रह एक लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया पिछले वर्ष के मई की तुलना में इस बार राजस्व संग्रह में छह दशमलव छह सात प्रतिशत की वृद्धि हुई

कल नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में पार्टी किसान मोर्चा के अध्यक्ष वीरेन्द्र सिंह ने कहा कि कृषि अर्थव्यवस्था मजबूत होने से देश को और मजबूती मिलेगी

बारा जिले के केलवाड़ा थाना क्षेत्र में कल एक कार का टायर फटने से अनियंत्रित होकर द्रक से टकरा जाने से एक ही परिवार के पांच लोगों की मौत हो गई जबकि एक बालक घायल हो गया पुलिस के अनुसार उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के वीरबारी गांव का एक परिवार कार से अहमदाबाद जा रहा था

घायल बालक को केलवाड़ा के सरकारी अस्पताल में मर्ती कराया गया है जयपुर के पृथ्वीराज नगर और इसके आस पास वाले क्षेत्र को जलदाय विभाग की जलापूर्ति व्यवस्था से जोड़ा जाएगा

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल राजसमन्द जिले के देव डूंगरी गांव में ग्रामीणों और स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों के साथ संवाद किया संवाद के दौरान स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने श्रमिक कल्याण से संबंधित विभिन्न योजनाओं सामाजिक सुरक्षा योजनाओं वन अधिकार अधिनियम सहित अन्य विषयों पर संवाद किया उन्होंने मुख्यमंत्री को अपनी समस्याओं से भी अवगत कराया मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों को आश्वस्त किया कि उनकी वाजिब समस्याओं का शीघ निराकरण किया जाएगा श्री गहलोत ने यहां ग्रामीण महिलाओं के समूहों और मनरेगा की महिला श्रमिकों के बीच पहुंचकर भी चर्चा की इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष डॉ सीपी जोशी मी उपस्थित थे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री भंवरलाल मेघवाल ने कहा है कि प्रदेश में शैक्षणिक क्षेत्र सहित समाज के प्रत्येक तबके को राहत पहुंचाने के लिए ठोस और उल्लेखनीय कदम उठाए जा रहे है उन्होंने कहा कि राज्य के शैक्षणिक विकास के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है श्री मेघवाल कल चूरू जिले के छापर के जन कल्याण राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर पुरूस्कृत शिक्षकों की संस्था पुरस्कृत शिक्षक फोरम राजस्थान की ओर से आयोजित राज्य स्तरीय सम्मेलन को सम्बोधित कर रहे थे समारोह में क्षेत्र के शैक्षणिक विकास में योगदान करने वाले भामाशाहों का सम्मान किया गया इस अवसर पर शिक्षा राज्यमंत्री गोविन्द सिंह डोटासरा ने कहा कि शिक्षा विभाग में पदस्थापन के दौरान पुरस्कृत शिक्षकों को वरियता प्रदान की जाएगी श्री डोटासरा ने कहा कि शिक्षक पुरस्कार के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी जिससे प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की दसवीं परीक्षा का परिणाम शिक्षा राज्यमंत्री गोविन्द सिंह डोटासरा कल जारी करेंगे